उन्होंने कहा कि ग्रहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि कुछ ही दिनों में अन्य क्षेत्रों से भी प्रतिबंध हटा लिए जायेंगे

सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सचिव ए के साहू ने कल जम्मू में एक बैठक में इस योजना की तैयारी की समीक्षा की

उन्होंने बताया कि कश्मीर डिविजन के लिए भी इतनी ही धनराशि आवंटित की गई है लद्दाख क्षेत्र के लिए अलग से आवंटन किया गया है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लैंडर की दूसरी और अंतिम डी ऑर्बिटल प्रक्रिया आज सवेरे प्री कर ली

इसके साथ ही विक्रम के चन्द्रमा की सतह की ओर उतरने के लिए जरूरी मार्ग मिल चुका है

इसके तहत जिलेभर में लगभग दो लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है

श्री गोयल कल जयपुर में उर्वरकों की उपलब्यता की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य में अच्छी बरसात को देखते हुए यह तय है कि रबी फसलों की बुवाई का रकबा बढेगा और अधिकारियों को इसे नजर में रखते हुए उर्वरकों की जरूरत के प्रस्ताव बनाने चाहिये

समारोह में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने अपने उदबोधन में कान्फ्रेंस के उददेश्यों की जानकारी दी कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के सामने सभी जिलों के एसपी अपने अपने जिलों की कानून व्यवस्था के बारे में प्रजेन्टेशन रखेंगे इस दौरान अपराधों की रोकथाम को लेकर गहन विचार विमर्श की सभावना है

यह रिश्वत एक व्यक्ति को साढे आठ करोड रूपयों की पैनल्टी में राहत देने की एवज में मांगी गई थी इसमें दलाल ने परिवादी से सात लाख रूपये ले लिये आज ट्रेप की कार्रवाई के दौरान दलाल द्वारा कृमावत को चार लाख रूपये सौंपते समय ऐसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया यह कार्रवाई एसीबी के एएसपी प्रथ्वी राज मीणा के नेतृत्व में चल रही है

कल देर रात कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति को सवा चार किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है जबकि कल देर रात ही जैतसर में पुलिस ने एक युवक से एक हजार नशीली गोलियां बरामद की इन दोनो ही मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

समारोह में अब उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों के तीन तीन संस्था प्रधानों को भी सम्मानित किया जाएगा

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा जयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में इस योजना की शुरूआत करेंगे गौरतलब है कि राज्य के विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल की है इसके तहत आरंभिक तौर पर प्रदेश के प्रत्येक जिले के एक विद्यालय का चयन किया गया है

इस लक्खी मेले में हिन्दू मुस्लिम और सिक्ख समुदाय के लाखों लोग शामिल होते है

मेडिसिन विभाग ने इसके लिये एक डॉक्टर को नॉडल अधिकारी नियुक्त किया है इसके अलावा सात सितम्बर को इस बीमारी की जानकारी और उस पर चर्चा के लिये एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई है